नमो ऐप के जरिए आज वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं कम खर्चीली होनी चाहिएं अगर परिवार में एक बार बीमारी घुस गई तो उस परिवार के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं कितना ही ताकवर नागरिक क्यों न हो इन चीजों के लिए यो अपने बलवूते पर कुछ नही कर सकता है उसे व्यवस्थाएं चाहिए और हमाता यह मानना है कि प्रीवेंटिव हेल्थ केयर्स में भी हमें बल देना चाहिए

प्रघानमंत्री ने कहा कि नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आसपास के लोगों का नाम भी ना छटे एक नागरिक होने के नाते यह हम समी का आविकार भी है और कर्तव्य भी है हम यह सुनिश्चित करें हमारा ही नहीं हमारे आस पास के लोगों का नाम भी मतदाता सूची में हो ऐसी जागरूकता आवस्यक है मतदान के अधिकार पर हमें गर्व होना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा हमें देश का भविष्य निर्धारित करने का बहत बड़ा अवसर मिलता है

कियानसभा में आज कित्तीय वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस का अनुपूरक बजट और विनियोग कियेयक पारित हो गया अनुपूरक अनुदान बजट पर चर्चा के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान महिलाओं ग्रामीणों अनुसूचित जनजाति तथा अन्य सभी वर्गो के विकास के लिए कटिबद्द होने की वजह से यह सबसे बड़ा अनुप्रक बजट है स्वच्छ भारत मिशन उज्ज्वला योजना आयुष्मान भारत योजना और किसान ऋण मोचन योजना का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार प्रमावी ढंग से काम कर रही है श्री योगी ने कहा कि उनकी पन्द्रह माह की सरकार में एक करोड़ पच्चीस लाख शौचालय ग्रामीण और तकरीबन छह लाख बीस हजार शौचालय शहरी क्षेत्र में बने हैं प्रघानमंत्री आवास योजना के तहत आठ लाख पच्चासी हजार आवास बनाये गये हैं श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के गन्ना किसानों को पच्चीस हजार करोड़ रूपये के बकाये का भुगतान किया जा चुका है उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में तिरपन लाख मीट्रिक गेहूँ और पैतालीस लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है वही पिछले और अनुसूवित जाति के इकतालीस लाख छात्र छात्राओं को दशमोतर छात्रवृत्ति दी गई है मुख्यमंत्री ने सभी विमागों की अनुप्रक अनुदान मांगों का विवरण पेश करते हए राज्य के पिछली सरकारों और अपनी सरकार के तुलनात्मक आंकड़े पेश किये तथा राज्य के सरकारों विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्वता दोहराई इससे पहले विफ्व द्वारा प्रदेश के कई जिलों में आई बाढ़ की वजह से हुई जनधन हानि का मामला काम रोको प्रस्ताव के रूप में उठाया गया सदन में आरक्षण के समर्थन में गत दो अप्रैल को प्रदर्शन कर रहे अनुसुचित जाति के लोगों को गंभीर धाराओं में निरूद्व किये जाने का मामला बसपा विघानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और सुखदेव राजभर ने उठाया और सरकार से आन्दोलनकारियों पर लगाये गये मुकदमों को वापस लेने का आग्रह किया नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौघरी ने बसपा की इस मांग का समर्थन किया इस बारे में सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा बसपा और कांग्रेस सदस्य ने वाकआट कर गये स स स प्रदेश भर में आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानवन्द की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिक्स के रूप में मनाया जा रहा है इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बघाई देते हुये कहा है कि राज्य में खेल प्रतिषाओं की कमी नही है इंडोनेशिया में चल रहे एशियाई खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है मेजर ध्यानवन्द को अपनी श्रद्दांजलि देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सम्पूर्ण विश्व में देरा को विशिष्ट पहचान दिलायी थी श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार खेल के आघारमृत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिये गम्मीरता से प्रयास कर रही है जिससे प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर सुविघायें और संसाधन उपलब्व हो सके स स स मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनमोगियों का मंहगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी है

प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के गठन की घोषणा की है मोर्वे के गठन के बाद श्री यादव ने बताया कि इससे सपा के उपेक्षित कार्यकर्ताओं को जोड़ा जायेगा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समाजवादी सेक्युलर मोर्चा आगामी लोकसभा चुनाव में विभिन्न सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी